दो दिवसीय पोषण जागरूकता कार्यशाला आज से शुरू पोषण प्रबंधन पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आहवान किया है आज सुबह साढ़े नौ बजे प्रधानमंत्री देशवासियों से वीडियो कांफ्रेसिंग और दूरदर्शन के माध्यम से संवाद भी करेंगे श्री मोदी आज राजगढ़ जिले के पिपलिया कुलमी गॉव के दो लोगों से वीडियों कान्फ्रेंस करेंगे गौरतलब है कि पिपलिया कुलमी गॉव में बनाई जा रही नवीन गायत्री गौशाला से बनाये जा रहे बायो गैस प्लांट की भी जानकारी लेंगे इससे पहले श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि आज सभी एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी स्वच्छता आधारित गतिविधियां आज से शुरू हो गयी है हमारे गुना संवाददाता ने बताया गया है कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जिले में एलइडी स्कीन लगाई गई है वहीं खरगोन खंडवा शिवपुरी शाजापुर भिंड आगरमालवा राजगढ़ दतिया जिलों में विभिन्न आयोजन होंगे मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिये शहीद हो गये उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरूद्व आवाज बुलंद की थी उनकी सीख आज भी देश दुनिया के लिये प्रसंगिक है सबको साथ लेकर चलने की परम्परा को जीकर दिखाया है दाऊदी बोहरा समाज की सोच देश और समाज को शक्ति प्रदान करती है श्री मोदी कल सैफी मस्जिद इंदौर में अशरा मुबारक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरू मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और विश्वमर से आये बोहरा समाज के धर्मावलंबी मौजूद थे

दुनिया में एक साथ करोड़ों लोग स्वच्छता के कार्य एक साथ करेंगे यह कीर्तिमान होगा उन्होंने अभियान से जुड़ने का आमंत्रण दिया पोषण कार्यशाला पोषण समृद्ध कृषि और पोषण जागरूकता पर भविष्य की नीति और कार्य पद्धति निर्धारित करने के लिए आज और कल भोपाल के वात्सल्य भवन में महिला बाल विकास विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी

भोपाल डिक्लेरेशन के संदर्भ में कृषि उद्यानिकी पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से पोषण प्रबंधन पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉवंदना शिवा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक एसआरके सिंह अपने विचार रखेंगे पोषण जागरूकता में मीडिया की भूमिका और समूदाय की सहभागिता पर भी कार्यशाला में चर्चा होगी

श्री चौहान जिले के तिलावत गोविंद गांव के पास एक आम सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए जिले की तीनों विधानसभा शाजापुर शुजालपुर और कालापीपल में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथ से भ्रमण करेंगे और जगह जगह आम सभाएं भी करेंगे मुख्यमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा भी हाई अलर्ट पर है इसके बाद देर रात तक वे सड़क मार्ग से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे

तीर्थ यात्रियों की ट्रेन भोपाल के हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी

वर्चुअल कक्षा संचालन केन्द्र संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से समय सारणी के अनुसार संचालित कक्षाओं में संबंधित विषय के सभी छात्र छात्राओं को प्राध्यापक सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं

महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य संचालक निर्धारित तिथि और समय पर सारणी के अनुसार प्रशासन अकादमी भोपाल में विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे अभियंता दिवस आज अभियंता दिवस है इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव आज आर सी व्ही पी नरोन्हा अकादमी में आयोजित समारोह में इंजीनियरों को सम्मानित करेंगे समारोह में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं एवं संविदाकारों को सम्मानित किया जायेगा सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग समारोह में विशेष अतिथि होंगे

कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होगी समापन समारोह में विजेता उपविजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया जायेगा राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी कप ट्र्नामेन्ट के अंतर्गत कल खेले गये सेमी फायनल मुकाबलों में मप्र महिला हॉकी अकादमी और इण्डियन रेल्वे की टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फायनल में जगह बनाई फायनल मुकाबला मप्र हॉकी अकादमी और इण्डियन रेल्वे के बीच आज शाम चार बजे से खेला जायेगा इससे पहले दोपहर दो बजे से तीसरे स्थान के लिए सोनीपत हॉकी अकादमी और बीओआरएल बीना के बीच मुकाबला होगा